मुख्यमंत्री आवास में और सत्रह कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव मुख्यमंत्री फिर से कराएंगे कोरोना जांच मध्याहन भोजन योजना के साथ अब सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों को मिलेगा नाता भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षा बंधन आज उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है

कल तीन सौ इकहतर नए कोरोना पॉजिटिव मिले चार हजार छह सौ बियासी लोगों को उपचार के बाद घर भेजा गया है अब तक राज्य भर में तीन लाख सोलह हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई है कोरोना संक्रमण से मृत लोगों की संख्या बढ़कर एक सौ अठारह हो गई है क्वारेन्टाइन सेन्टर में पांच हजार आठ सौ बानवे लोग हैं जबकि होम क्वारेन्टाइन में दो लाख तैंतालीस हजार से अधिक लोग हैं सीएम मुख्यमंत्री आवास में सत्रह कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन भी दोबारा कोरोना जांच कराएंगे इससे पहले भी एक बार वे कोरोना जांच करा चुके हैं जिसमें उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी राजधानी रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में जैप के कमांडो स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों और जवानों के अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के निजी सचिव तथा वाहन चालक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है इन कर्मियों के सीधे संपर्क में आने वाले की सुची बनाकर उनकी कोरोना जांच कराई जाएगी निजी अस्पताल बैठक रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कल निजी अस्पताल संचालकों के साथ बैठक की इस दौरान उपायुक्त ने सभी निजी संचालकों को सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एसिप्टोमेटिक मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया उपायुक्त ने यह भी कहा है कि निजी अस्पताल किसी भी कीमत पर मरीजों को इलाज के लिए मना नहीं करेंगे स्पेशल स्टोरी बोकारो बोकारो जिला प्रशासन द्वारा बाहर से आए नौ हजार से अधिक लोगों की पहचान कर उन्हें होम क्वारेन्टीन करने का चुनौतिपूर्ण प्रयास किया जा रहा है

इस कम में कल हजारीबाग में भी छह स्थानों पर कोविड जांच शिविर लगाया गया

इस दौरान कई के पॉजिटिव होने की खबर है इधर सिमडेगा जिला मुख्यालय और प्रखंडों में भी कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया शिविरों में काफी संख्या में लोगों ने जांच कराई अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि उनका स्वास्थ ठीक है लेकिन वे डॉक्टेरों के परामर्श पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं

गृहमंत्री ने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से अनुरोध किया है कि वे स्वयं को अलग थलग कर अपनी जांच कराएं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

इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी

बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच की जाएगी और उनका हेल्थ कार्ड भी जारी किया जाएगा सभी स्कूली बच्चों का शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मध्याहन भोजन के साथ नाश्ते का भी प्रावधान किया गया है रामेश्वर उरांव राज्य के वित्तमंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से कल लोहरदगा में लोहरदगा जिला सहायक पुलिस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर उरांव को बताया कि वर्ष दो हजार सत्रह में विशेष पदाधिकारी के पद पर बहाली हई थी जिसमें उन्हें अपने क्षेत्र में रह कर कार्य करने की बात कह कर भर्ती लिया गया लेकिन भर्ती के बाद सभी सहायक पुलिस से जिला बल के जैसा कार्य लिया जा रहा हैं इसके अलावा उनकी ड्यूटी यातायात व्यवस्था कोरोना महामारी चुनाव और नियंत्रण कक्ष में भी लगाई जा रही है इसलिए मानदेय में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए और सेवा स्थायीकरण के मुद्दे पर सरकार को विचार करना चाहिए

आज के दिन बहने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं राज्य भर में कई बहनों ने रक्षा बंधन की विशेष तैयारी की है और भाईयों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विशेष दुआ कर रही हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने रक्षा बंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भी रक्षा बंधन के अवसर पर नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी है मिठाई जांच रक्षाबंधन के मौके पर नकली खोवा और मिलावटी मिठाई की बिकी की शिकायत मिलने पर राजधानी रांची में कल खाद्य विभाग की टीम ने कई होटलों और मिठाई की दुकानों में शुद्धता की जांच की उपायुक्त के निर्देश के बाद खाद्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मिठाई दुकानों में जाकर मिठाईयों के सैंपल लिये और प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया देवघर मंदिर सावन पूर्णिमा के अवसर पर आज एक दिन के लिए देवघर शहर में रहने वाले लोगों को बाबा बैधनाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई है राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में यह अनुमति दी है देवघर जिले के उपायुक्त ने दिए गए निर्देश में कहा है कि एक सौ लोगों को ही मंदिर में प्रवेश कर सकेंगें मंदिर में प्रवेश करने वाले लोग हीं संक्रमण से बचाव के लिए दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा सभी दर्शनार्थियों को मास्क लगाने सेनेटाइजर का उपयोग करने और सोशल डिस्टेसिंग के नियम का पूरी तरह से पालन करना होगा भादो में मंदिर खोलने को लेकर अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे हादसा राज्य के खूंटी गिरिडीह लातेहार और धनबाद जिलों में कल अलग अलग हादसों में नौ लोगों की मौत हो गयी खूंटी सिमडेगा मुख्य सड़क मार्ग पर कल ट्रक स्कूटी और मोटरसाईकिल के बीच हई टक्कर में दो लोगो की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि एक महिला समेत चार लोग घायल हो गये

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घंटों सड़क जाम रखा बाद में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को समझाने के बाद जाम हटा लिया गया इधर गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने कल कुएं से एक महिला और उसके पुत्र का शव बरामद किया लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के पांडेयपुरा गांव में चार वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई

जबकि धनबाद जिले में टुंडी थाना अंतर्गत संग्रामडीह के पास कल सुबह सड़क दुर्घटना में ट्रक चालक की मौत हो गई अखबारों की सुर्खियां प्रभात खबर ने गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने की खबर के साथ ही मुख्यमंत्री आवास के संत्रह कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है साथ ही लिखा है ॅसीएम हेमन्त सोरेन फिर करांएगे कोरोना जांच सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ शर्तो के साथ देवघर स्थित बाबा बैधनाथ मंदिर खोलने जाने की खबर को शीर्षक र्देनिक भास्कर ने दिया है श्रावण पूर्णिमा पर आज बैद्यनाथ मंदिर खुलेगा पर एक सौ भक्त ही दर्शन कर सकेंगे मुख्यमंत्री आवास के सत्रह कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर को दैनिक हिंदुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाषित किया है

दैनिक जागरण ने बैधनाथ मंदिर खोले जाने की खबर को शीर्षक दिया है

द टाइम्स ऑफ इंडिया ने गोमिया विद्यायक लंबोदर महतो समेंत चार सौ तीन नए कोरोना संक्रमितों से संबधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दिया है